देश में सभी वाहनों के लिए फास्टैग अगले साल पहली जनवरी से होगा अनिवार्य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

श्री मोदी इस कार्यक्रम के दौरान राजस्थान सहित छह राज्यों के किसानों से संवाद भी करेंगे ये किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और किसानों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा की गई अन्य पहल के बारे में अपने अनुभव बताएंगे इस अवसर पर कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर भी मौजूद रहेंगे गौरतलब है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को प्रतिवर्ष छह हजार रूपए का वित्तीय लाभ मिलता है यह राशि चार महीने के अंतराल पर दो दो हजार रूपए की तीन समान किस्तों में लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाती है वहीं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर राज्य भाजपा ने विशेष तैयारियां की हैं भाजपा के सभी बड़े नेता विभिन्न जिलों में इस कार्यक्रम में भाग लेंगे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया जयपुर जिले के आमेर क्षेत्र की एक पंचायत पर प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनेंगे

सरकार ने किसानों के उठाये गये सभी मुद्दों पर विचार विमर्श करने और उनका समाधान खोजने का संकल्प भी दोहराया है सरकार ने किसानों से कहा है कि वे अगले दौर की बातचीत की तारीख और समय के बारे में फैसला करें किसान संघों को लिखे पत्र में कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने जोर देकर कहा है केन्द्र किसानों के साथ खुले मन से बातचीत करने और प्रदर्शनकारी किसानों के मुद्दों का युक्तिसंगत समाधान करने को हमेशा तैयार है

श्री गडकरी ने कहा कि अगले वर्ष पहली जनवरी से फास्टैग अनिवार्य रूप से लागू होगा

इससे ईंधन और समय की भी बचत होगी मंत्रालय फास्टैग की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग कर रहा है

इन आयुष पद्धतियों की ज्यादा से ज्यादा पहुंच बनाकर तथा रिसर्च को बढ़ावा देकर लोगों के बीच विश्वास कायम किया जाए इससे हमें निरोगी राजस्थान जैसे महत्वाकांक्षी अभियान को सफल बनाने में भी मदद मिलेगी श्री गहलोत कल जयपुर में आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग की समीक्षा बैठक को सबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि पोस्ट कोविड रोगियों को आवश्यक उपचार उपलब्ध कराने में आयुष चिकित्सा पद्वतियां उपयोगी हो सकती हैं

कल एक हजार एक नए मामलों की पुष्टि हुई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

यह दिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है

आज महामना मदन मोहन मालवीय की भी जयंती है उनकी जयंती पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज सुधार और राष्ट्र सेवा में समर्पित कर दिया

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने किसमस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं अपने संदेश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि किसमस ईसा मसीह के जन्म की खुशियां मनाने का दिन है

क्रिसमस और नववर्ष के मौके पर छुट्टियां बिताने के लिए राज्य के पर्यटन स्थलों पर इन दिनों बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं